एक ही दिन में पटना नालंदा भागलपुर बांका और पूर्वी चंपारण में सत्रह लोग पॉजिटिव पाये गये

देश भर में इस महामारी के चौदह सौ से अधिक मामले बढ़े

बिहार में पिछले चौबीस घंटों के दौरान संक्रमण के सत्रह नये मामलों की प्रष्टि हुई है इसके बाद राज्य में कोविड महामारी से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर एक सौ तैंतालीस हो गयी है एक ही दिन में पटना में आठ लोगों में जांच के बाद संक्रमण पाया गया है इसमें खाजपुरा क्षेत्र के छह लोग शामिल हैं सावधानी के तौर पर पूरे क्षेत्र के तीन किलोमीटर के दायरों को सील कर दिया गया है भागलपुर में चार बिहारशरीफ में तीन मरीज कोरोना संक्रमित पाये गये हैं जबकि बांका और पूर्वी चंपारण जिले से भी एक एक नये मामले सामने आये हैं राज्य में सत्रह जिलों में इस महामारी ने अपने पैर पसार लिये हैं राज्य में अब तक सबसे अधिक इकतीस मामले नालंदा से उनतीस सिवान से जबकि सत्ताईस पॉजिटिव मुंगेर जिले में पाये गये हैं वहीं पटना में सोलह लोग अब तक संक्रमित हुए हैं राज्य में बाईस मार्च से अब तक तैंतालीस मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं इधर कल बिहारशरीफ के पच्चीस वर्षीय संक्रमित यूवक को नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी उसे चौदह दिनों तक क्वारेंटाइन में रहने को कहा गया है नये मामलों के सामने आने के बाद सावधानी के तौर पर पटना शहर में शेखपुरा से रूकनपुरा तक बेली रोड को सील कर दिया गया है खाजपुरा जगदेव पथ के आस पास के इलाकों में अस्सी लोगों को क्वारेंटाईन पर रखा गया है पांच सौ लोगों पर नजर रखी जा रही है इधर पटना और नालंदा जिले की सीमा पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है पड़ोसी जिलों जहानाबाद अरवल भोजपुर गया और नवादा की सीमा पर पुलिस का पहरा और कड़ा कर दिया गया है इधर देश भर में कोविड महामारी के पॉजिटिव मामलों में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान संक्रमण के एक हजार चार सौ छियासी नये मामले सामने आने के बाद प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर बीस हजार चार सौ इकहत्तर हो गयी है अब तक तीन हजार नौ सौ साठ लोग स्वस्थ हुई हैं जबकि देश भर में इस महामारी से छह सौ बावन लोगों की मृत्यु हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिला अस्पतालों में आईसोलेशन वार्ड और क्वारंटाईन की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है उन्होंने मूख्य सचिव दीपक कुमार के साथ कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के बाद कहा कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों को ढूंढने के कार्य में तेजी लायी जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ट्रैकिंग ट्रेसिंग और टेस्टिंग महत्वपूर्ण है कोविड महामारी के खिलाफ जंग में शामिल चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर कोन्द्र सरकार ने एक नये अध्यादेश को मंजूरी दी है इससे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी अध्यादेश से महामारी आपदा अधिनियम अठारह सौ संतानवे में संशोधन कर स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसक कार्रवाई संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने अथवा संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं को बताया कि स्वास्थ्यकर्मी कोविड उन्नीस महामारी से देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं बाईट प्रकाश जावडेकर आरोग्यकर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरैस्मेन्ट अब बर्दास्त नहीं होगी और इसलिये उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा यह संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत ना मिलने वाला होगा तीस दिन में इसकी इन्वेस्टीगेशन पूरी होगी सेवियर इन्सपेक्टर के लेवल पर ही इन्वेस्टीगेशन होगी और एक साल में फैसला आयेगा और कड़ी सजा का प्रावधान किया है श्री जावडेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के दोषियों को तीन से पांच महीने की कैद तथा पचास हजार से दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है उन्होंने कहा कि गंभीर क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी को छह महीने से सात वर्ष की कैद हो सकती है ऐसे दोषियों पर एक लाख से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के वाहनों या क्लीनिक को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों से क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के मूल्य का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महामारी संशोधन अध्यादेश दो हजार बीस कोविड उन्नीस महामारी से लड़ाई में स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया स्वास्थ्यकर्मियों को कुछ लोगों के हमलों का सामना करना पड़ रहा है सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने लोगों के अनियंत्रित व्यवहार के कुछ घ्रणित उदाहरणों का उल्लेख किया जहां डॉक्टरों और उनके परिवारों तथा रिश्तेदारों को ऐसे कोरोना योद्धाओं का अंतिम संस्कार करने से रोका गया जिनकी मृत्यु कोविड उन्नीस के संक्रमण से होने का संदेह था इधर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद देश भर के डॉक्टरों ने प्रस्तावित आंदोलन वापस ले लिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आंदोलन वापस लेने पर इंडियन मेडिकल एसोशिएशन आई एम ए को धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की सत्ताईस तारीख को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे कोविड उन्नीस की रोकथाम के मद्देनजर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ तीसरी वीडियो कांफ्रेंस है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसी ही वीडियो कांफ्रेंस देशव्यापी लॉकडाउन बढाने से पहले हुई थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे वे पूर्णबंदी के कारण वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इसमें हिस्सा लेंगे श्री मोदी इस अवसर पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी शुरूआत करेंगे प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम की शुरूआत भी करेंगे देश में कोविड उन्नीस महामारी से लड़ने में डॉक्टर नर्स और अन्य चिकित्सा कर्मी रोगियों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं कुछ क्षेत्रों में कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के अभाव और डर के कारण चिकित्सा योद्वाओं तथा रोगियों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार कोविड उन्नीस को लेकर लोगों में डर और गलत जानकारी को दूर करने का लगातार प्रयास कर रही है बाईट भूपेंद्र सिंह भारत के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान एम्स ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य योद्धा जैसे डॉक्टर और नर्स इस बीमारी को नहीं फैलाते हैं क्योंकि वे इलाज के दौरान कड़े निवारक उपाय करते हैं इसलिए उनसे फैलने वाले वायरस की संभावना न के बराबर होती है डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों ने कोरोना रोगियों का इलाज करते हुए अपना जीवन दांव पर लगा दिया है इन्हें खतरे के रूप में देखने की बजाये उनका स्वागत किया जाना चाहिए मिलजुल कर इस वायरस को हराया जा सकता है हमारी लड़ाई इस बीमारी के खिलाफ होनी चाहिए न कि रोगियों के खिलाफ यह बीमारी भेदभाव नहीं करती और हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए सुपर्णा सैकेया के साथ भूपेंद्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली चिकित्सकों का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग कोविड महामारी संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने में काफी महत्वपूर्ण है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को लॉक डाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा है बाईट गुलेरिया कई दफा हम अपने छोटे फायदे के लिये या ये सोच के कि ये हमें असर नहीं करेगा हम लॉकडाउन की मर्यादा को तोड़ देते हैं और उससे फिर इन्फैक्शन एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है और फिर यह जो पूरा लॉकडाउन का मकसद है यह खराब हो जाता है तो इसलिये मैं सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें स्पेशली जहां पर हॉटस्पॉट्स हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पिछले पन्द्रह कार्य दिवसों में कोरोना संबंधी छह लाख दावों सहित दस लाख से अधिक दावों का निपटान किया है संगठन ने तीन हजार छह सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि वितरित की है जिसमें एक हजार नौ सौ चव्वन करोड़ रुपये कोविड दावों के लिए थे लॉक डाउन के कारण कामगार और गरीब वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू कर लोगों को राहत उपलब्ध करा रही है आकाशवाणी से बातचीत में कुछ लाभार्थियों ने कहा है कि इस मदद से उन्हें दैनिक जीवन में सुविधा हो रही है

पहले तीस दिन का समय लगता था सरकार ने लोक सेवा अधिकार कानून क अंतर्गत नई व्यवस्था की है इसके लिए सरकार ने राशन कार्ड बनाने के निर्धारित नियम को शिथिल कर दिया है प्राप्त जानकारी के अनुसार राशन कार्ड बनाने के लिए जीविका के माध्यम से आवेदन जमा किये जायेंगे सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए राशन कार्ड बनाने के कार्यो में तेजी लाने का निर्देश दिया था अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे शिक्षकों को आंदोलन समाप्त करने का एक और मौका दिया गया है शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की सुविधा दी है प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षकों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर ज्वाइनिंग करने को कहा गया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य में निजी क्षेत्र की सभी ग्यारह चीनी मिलों से गन्ना किसानों के नौ सौ चौतीस करोड़ रुपये बकाये का शीघ्र भुगतान करने को कहा है यह राशि गन्ना के पेराई सत्र दो हजार उन्नीस बीस के लिए होगी नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड में बर्ड फ्लू का प्रकोप होने के बाद सावधानी बरती जा रही है प्रखंड के राजहट गांव स्थित पॉल्ट्री फॉर्म में करीब नौ हजार मुर्गियों को मारने और अंडो को नष्ट करने का काम किया जा रहा है जिला पशुपालन पदाधिकारी तरूण कुमार उपाध्याय ने बताया कि एक किलोमीटर क्षेत्र को सील कर दिया गया है और संक्रमित क्षेत्र के नौ किलोमीटर के दायरे में मुर्गी और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आज आंधी के साथ बारिश तथा ओलावृष्टि की आशंका है मौसम विभाग ने इस संबंध में चेतावनी जारी की है मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक असर उत्तर बिहार के जिलों पर पड़ेगा आपदा प्रबंधन विभाग ने आज से लेकर छब्बीस अप्रैल तक आंधी पानी को लेकर लोगों से सतर्कता बरतने को कहा है राज्य में इस दौरान तीस से पचास किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी पटना गया और भागलपुर जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है जबकि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सिवान सारण गोपालगंज सीतामढ़ी मध्रबनी मुजफ्फरपुर दरभंगा वैशाली समस्तीपुर कोसी और सीमांचल में आंधी पानी की आशंका है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की लगातार बढ़ती संख्या को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने इस खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है पटना का खाजपुरा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित राज्य में मिले सत्रह और मरीज दैनिक भास्कर की सुर्खी है बीएड की तरह डीएलएड कोर्स में भी कॉमन इंट्रेस टेस्ट से एडमिशन प्रभात खबर ने केन्द्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाने की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है स्वास्थ्यकर्मियों पर किया हमला तो होगी सात साल तक की जेल दैनिक जागरण की सुर्खी है मिड डे मिल के लिए मिलेगा अब और ज्यादा पैसा राष्ट्रीय सहारा ने मुजफ्फरपुर में बैंक से तेरह लाख साठ हजार रूपये लूटे जाने की खबर को सुर्खी बनाया है तो दैनिक आज ने लिखा है सत्ताईस को फिर मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

एक ही दिन में पटना नालंदा भागलपुर बांका और पूर्वी चंपारण में सत्रह लोग पॉजिटिव पाये गये

देश भर में इस महामारी के चौदह सौ से अधिक मामले बढ़े